राज्य मानवाधिकार आयोग ने कोरोना संकमण के चलते प्रदेश में दीपावली पर पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने पर दी सहमति

बुजुर्ग बच्चे अस्वस्थ व्यक्ति और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले पेशेवरों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने साप्ताहिक संबोधन में कल कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को टीके के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की सूची इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश में टीके की उपलब्यता की समय सीमा का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत उच्चस्तरीय समितियां बनाई हैं इस समय टीके के परीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है उन्होंने बताया कि सरकार आपूर्ति और टीका भंडारण सुविधाओं की तैयारी करने के लिए टीका निर्माता कंपनियों के साथ बातचीत भी कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी राइस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं

इस दौरान महामारी से निपटने की तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समान लाभ उपलब्ध कराना नवाचारों के डिजिटीकरण को प्रोत्साहन सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर तथा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री बैठक में भाग लेंगे

खरीफ मौसम में कपास की खरीद एक अक्टूबर से शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर आज राज्यव्यापी हल्लाबोल कार्यक्रम का आयोजन करेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि पिछले दिनों उत्पीड़न के कई मामले सामने आये हैं इनके विरोध में पार्टी की ओर से प्रदेश भाजपा कार्यालय से सिविल लाईन्स फाटक तक पैदल मार्च निकाला जायेगा जिला मुख्यालयों पर भी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जायेगा राज्य मानवाधिकार आयोग ने कोरोना संकमण के चलते प्रदेश में दीपावली पर पटाखों पर पूर्णतया रोक लगाने पर सहमति दी है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की ओर से प्राचार्य को लिखे पत्र का हवाला देते हुए आयोग ने मुख्य सचिव गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के एसीएस और सभी कलेक्टर एसपी को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं

आयोग ने समाचार माध्यमों में प्रकाशित पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए कल इस संबंध में निर्देश जारी किए

प्रदेश में कोरोना संकमण की रोकथाम के लिये राज्य सरकार के प्रयास जारी हैं

देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर हुई है

संक्रमण से स्वस्थ होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है

ब्रंदी जिले में वन विभाग की ओर से आज से ईको डिजिटल वीक मनाया जा रहा है

बूंदी के उप वन संरक्षक सुरेश मिश्रा ने बताया कि ईको डिजिटल वीक का उददेश्य विभागीय गतिविधियों को ऑनलाईन अपडेट कर वनकर्भियों की तकनीकी दक्षता में सुधार करना है इस दौरान विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण और वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित कार्यो को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा

अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रो उपस्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर एल्बेंडाजॉल दवा दी जा रही है

कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइड लाइन की पालना के निर्देश दिए गए हैं रेलवे ने इस माह से शुरू हो रहे त्योहारी सीजन को देखते हुए नई गाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया है

इसके तहत श्रीगंगानगर से दिल्ली े और भटिंडा के लिए गाड़ियां चलाई जाएंगी जयपुर में पुलिस ने नकली पुलिसकर्मी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है